इसके लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है

इसका नाम प्रज्ञान है जो संस्कृत के ज्ञान शब्द से लिया गया है

राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि टेक्नॉलॉजी के नए नए क्षेत्रों में इसरो नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है

इस सफलता के बाद बधाइयों का सिलसिला जारी है संसद के दोनों सदनों ने भी सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है

इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों सैनिकों मजदूरों और व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्ग के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ रही है उन्होंने कहा कि लोग अब आश्वस्त हैं कि सरकार के पहले कार्यकाल के मुकाबले दूसरे कार्यकाल में सुधार कल्याकण और न्याय की गति में तेजी आई है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर तेजी से आगे बढ़ रही है भाजपा के संकल्प पत्र में जिक्र किये गए मुद्दों पर आगे बढ़ा गया है

सेना के जवान और पुलिस के शहीदों के बच्चों को छात्रवृति बढ़ाई गयी है

देहरादून में सभागार में प्रदेश के विभिन्न विभागों निगमों और संस्थानों के दायित्वधारियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा की गई पहल को धरातल पर लाने में सभी को सहयोगी बनना होगा उन्होंने समाज के सभी वर्गो से सतत संवाद बनाये रखने की भी बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के साथ ही आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिये कारगर प्रयास किये जा रहे हैं इसके लिये पर्यटन के क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देकर इसे आर्थिकी का मजबूत आधार बनाया जा रहा है राज्य में सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के पिछडेपन को दूर करने के लिये जिलों में भी प्रति व्यक्ति आये को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि पूरे राज्य में विकास को गति मिल सके पहाड़ों के अनुकूल उद्योगों की भी स्थापना की जा रही है इससे उन क्षेत्रों में रोजगार सुजन के साथ ही पलायन को रोकने में मदद मिलेगी

इस अवसर पर डायरिया के कारण प्रभाव और नियंत्रण के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि दूषित पेयजल और गंदगी से डायरिया होता है और मानसून के दौरान नलों से दूषित पानी का अंदेशा बना रहता है उन्होंने कहा कि सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना होगा इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि डायरिया पखवाड़े के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य इकाईयों में ओ आर एस जिंक कार्नर बनाए गए हैं

मुख्यमंत्री आवास में घरेलू कूड़े से जैविक खाद बनाने की विधि का प्रस्तुतीकरण दिया गया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि घर के कूड़े कचरे को कम्पोस्ट में बदलकर अच्छी खाद तैयार करने की यह आसान विधि है हर व्यक्ति अपने घरों में इस विधि को अपना सकता है इस विधि से वेस्ट को बेस्ट में बदलकर हम स्वच्छता अभियान में भी बड़ा योगदान दे सकते हैं उन्होंने कहा कि यह विधि कचरे से होने वाले वायु और जल प्रदूषण को रोकने में भी कारगर साबित होगी घरेलू कूड़े से जैविक खाद बनाने की विधि के तहत गीले और सूखे कूड़े को अलग करना होगा खाद बनाने के लिए पहले सूखे कूड़े को एकत्र कर उसके ऊपर कॉकपिट की लेयर बनाई जाती है इसके बाद उसके ऊपर गीला कूड़ा डाला जाता है यह खाद दो से तीन महीने में तैयार हो जाती है

मुख्य सचिव ने गुंजी और तेडांग के लोगों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को इन्हें जल्द दूर करने के साथ ही विकास कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सुन्दरता की दृष्टि से क्षेत्र बहुत ही समृद्ध है और पर्यटन के क्षेत्र में इसमें बहुत सम्भावनाएं हैं उन्होंने ट्रैकिंग होम स्टे आदि योजनाओं को बढ़ावा दिए जाने के भी निर्देश दिए मुख्य सचिव ने ग्रामसभा नाबी में होम स्टे ज्योलिंग कॉग में कुमाऊं मण्डल विकास निगम के हट्स और पैदल ट्रैक का भी निरीक्षण किया

इस पावन अवसर पर प्रदेशभर के शिवालयों में सुबह से ही कांवड़ियों और अन्य शिवभक्तों की भीड़ उमड़ गयी लोगों ने मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया हरिद्वार के शिव मंदिरों में शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा खासकर कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालुओं की लम्बी कतारें लगी रही माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने कनखल में ही निवास करते है और यही से सुष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं चमोली जिले के गोपीनाथ रुद्रनाथ बामनाथ कल्पेशवर बेरासकुंड सकलेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ लगी रही उधर चम्पावत जिले के रिषेश्वर बालेश्वर सप्तेश्वर पंचेश्वर मानेश्वर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया बागेश्वर जिले के पौराणिक बागनाथ मंदिर समेत अन्य शिव मंदिरों में श्रद्वालुओं ने बाबा बागनाथ का जलाभिषेक किया सावन के सोमवार भगवान शिव के सबसे प्रिय दिन माने जाते हैं इस दिन लोग उपवास भी रखते हैं इस अवसर पर श्रद्वालुओं ने सरयू गोमती के संगम में स्नान करने के बाद संगम पर पवित्र जल से बाबा बागनाथ का जलाभिषेक किया सावन के पहले सोमवार पर भगवान बागनाथ की पूजा का विशेष महत्व है अन्य जिलों में भी तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की

आध्निक मशीनों और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से संपन्न इस अस्पताल के खुलने से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा की बड़ी सौगात मिली है

आज कुछ क्षेत्रों में बारिश की खबर है जबकि अधिकांश जगह मौसम साफ रहा इसके साथ ही उमस भरी गर्मी भी बढ़ गई बागेश्वर जिले में कम बारिश होने से किसान परेशान हैं धान की पौध बारिश के अभाव में सूखने लगे हैं उधर हल्द्वानी में हल्की बारिश से जलभराव हो गया जिलाधिकारी आवास और एसडीएम कोर्ट में भी पानी भर गया